सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखे हाथ और मुंह साफ रखे और अब समाचार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया उन्होंने कहा कि पूर्ण बंदी वाले दिन जागरूकता अभियान सहित आपात कालीन सेवाओं और साफ सफाई का काम जारी रहेगा यह पूर्णबंदी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू होगी मुख्यमंत्री ने मास्क न लगाने वालों पर कडी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं बिना मॉस्क के पहली बार पकडे जाने पर एक हजार रूपये और दूसरी बार पकडे जाने पर दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा प्रदेश में संक्रमण के इस समय एक लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने संक्रमण को और अधिक फैलने से रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं प्रदेश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में आज से ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हालांकि आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी सरकार ने कहा है कि जो अस्पताल कोविड मरीजों को मर्ती करने से इन्कार करेंगे उनके खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा इस बीच राजवानी तखनऊ में लगातार बिगड़ रहे कोरोना हालात के महेनजर बलरमपुर अस्पताल और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है मुख्यमंत्री ने लखनऊ में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर एक हजार मित्रों वाला आपातकालीन अस्पताल तैयार करने के निर्देश दिए हैं राज्य में होम आइसोलेशन में मौजूद मरीजों को मैडिकल किट दी जाएगी जिसमें कम से कम एक हफ्ते की कोरोना की दवाएं मौजूद रहेगी मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में र्काविड के इलाज के लिए दवाओं की कोई कभी नहीं है उन्होंने मुख्य सचिव को रेमबोसिवियर इंसेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उसकी मौजूदगी की समीक्षा करने के निर्देश रिए हैं

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लाखनऊ केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है हालांकि देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उन्होंने कहा कि देश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसी आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है श्री हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार चिकित्सा ढांचे में लगातार सुधार कर रही है डॉक्टर हर्षवर्धन कल उन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जहां मामले तेजी से बढ़ रहे हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोगों द्वारा कोविड दिशा निर्देशों का ठीक से पालन न करने के कारण कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक इतनी वृद्धि हुई है उन्होंने लोगों से कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की पच्चीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की छिहत्तरवीं कड़ी होगी लोग नमो ऐप या माईगोव ओपन फोरम में अपने सुझाव दे सकते हैं वे टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं फोन लाइन बाईस अप्रैल तक खुली रहेगी लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस में प्राप्त लिंक के जरिए भी प्रधानमंत्री तक अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में मन की बात के लिए लोगों से उन विषयों और प्रेरणादायक अनुमयों को साझा करने का अनुरोध किया है जिनके बारे में वे सोचते हैं कि अन्य भारतीयों को भी यह जानना चाहिए